अभिभाषण राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को आधार बनाते हुए नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्निधारण किया है आज शिमला में शुरू हुए प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर अपने बजट अभिभाषण में राज्यपाल ने ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही वर्ष में अधिकतर चुनावी वायदों को प्रभावी ढंग से पूरा किया है राज्यपाल ने कहा कि इसके अलावा सरकार ने किसानों व बागवानों के कल्याण के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती नशे की प्रवृति को रोकने की दिशा में राज्य स्तर पर बड़ा अभियान आरम्भ किया गया है

इसके अलावा भांग और अफीम की खेती नष्ट करने के लिए भी नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं शौकोदगार राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में दो पूर्व विधायकों जगत सिंह नेगी व शौंकिया राम कश्यप को श्रद्वांजली दी गई

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्वांजली देने के उददेश्य से शोक प्रस्ताव सदन में रखा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक अनिरुद्व सिंह राकेश सिंघा सुखराम चौधरी तथा हर्षवर्द्वन के अलावा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शोक प्रस्ताव पर अपने विचार सदन में रखे सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बजट सत्र शुरू होने से पहले आज एक बैठक की इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने का उन्हें आश्वासन दिया

उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के रचनात्मक सहयोग से ही विधानसभा सत्र सफल हो सकता है

विश्व कैंसर दिवस आज विश्व कैंसर दिवस है इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर इस पर अंकृश लगाना है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संगठन तीन साल के लिए एक अभियान शुरू कर रहा है जिसकी थीम है अभियान के जरिये कैंसर से बचाव के लिए लोगों की प्रतिबद्धता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा कैंसर से प्रतिवर्ष नब्बे लाख साठ हजार से अधिक लोगों की मौत होती है इधर प्रदेश भर में भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए सोलन के एक निजी अस्पताल में हुए कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विभिन्न तरह के कैंसर के बारे में प्रशिक्षु नर्सों को जानकारी दी जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनकेगुप्ता ने बताया कि पिछले कछु वर्षो में देश भर में कैंसर रोगियों की संरव्या में वृद्धि हो रही है

सड़क सप्ताह केन्दीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है इस वर्ष इस सप्ताह का थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखा गया है इस दौरान लोगों को सड़कों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कुल्लू के ढालपुर में हुए एक कार्यकम में एडीएम अक्षय सूद ने लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने और वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की अपील की सिरमौर जिला के नाहन में उपायुक्त ललित जैन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन को लेकर एक बैठक की गई उन्होंने परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए इसके अलावा उपायुक्त ने सभी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को भी सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी देने को कहा

आपसी भाईचारे के प्रतीक इस उत्सव में लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं इस दौरान लोग घर की छतों पर बर्फ का शिवलिंग स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और आने वाले समय के लिये खुशहाली व समृद्वि की कामना करते हैं कृषि मंत्री रामलाल मार्कण्डा ने फागली उत्सव पर घाटी के लोगों को बधाई देते हुए लोगों की खुशहाली की कामना की है उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने फागली की शुभकामनाएं देते हुए पांच फरवरी को जिले में अवकाश घोषित किया है जुकारू उत्सव उधर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी का प्रसिद्ध जुकारू उत्सव भी आज से शुरू हो गया है

सदियों से चली आ रही इस परंपरा को पंगवाली लोग बड़ी ध्रमधाम से मनाते हैं विधायक जियालाल कप्र ने स्थानीय लोगों को जुकारू उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी पांगी के आवासीय आयुक्त चमन लाल शर्मा जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य तुरपचंद ठाकुर और कल्याण सिंह ठाकुर ने भी लोगों को बधाई दी है

पहली उड़ान भूंतर किलाड़ चंबा दूसरी चंबा अजोग चंबा और तीसरी उड़ान चंबा किलाड़ भूंतर के बीच भरी जाएगी ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी

मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए कुल्लू जिला के एडीएम अक्षय सूद ने जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को एहतियात बरतने को कहा है

ऊना में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस केन्द्र से प्रदेशभर के दिव्यांगों को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी और रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी ये मददगार साबित होगा

कांग्रेस बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चुनाव प्रचार समिति की बैठक पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभावशाली प्रचार के लिए अपने सुझाव दिए